लोकसभा में कल सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में दस प्रतिशत आरक्षण संबधी विधेयक हआ पारित सूचना और प्रसारण मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कल नई दिल्ली में आकाशवाणी समाचारों के प्रसारण को निजी एफ एम चैनलों के साथ साझा करने की शुरूआत की प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आगरा के एक दिवसीय दौरे के दौरान तीन हजार नौ सौ करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का करेंगे लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कल लखनऊ में हुई प्रदेश कैंबिनेट की बैठक में कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई कैबिनेट की बैठक में लिये गये फैसलों की जानकारी देते हुए प्रदेश सरकार के प्रवक्ता सिद्वार्थनाथ सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश मूल्य संवर्धित कर अधिनियम दो हजार आठ के अन्तर्गत एथेनाल मिश्रित पेट्रोल से दोहरा कर समाप्त कर दिया गया है उन्होंने बताया कि अभी तक प्रदेश में वैट अधिनियम के तहत एथेनाल मिश्रित पेट्रोल की बिक्री पर दोहरी कर व्यवस्था लागू थी इसके अलावा बैठक में राज्य योजना आयोग राजपत्रित अधिकारी सेवा नियमावली को जारी करने से संबंधित प्रस्ताव को भी मंजूरी मिल गई है बैठक में प्रयागराज में दस फरवरी दो हजार तेरह को मौनी अमावस्या के अवसर पर प्रयागराज जंक्शन पर हई दुर्घटना की जांच रिपोर्ट को सदन के दोनों पटलों पर रखे जाने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया कैबिनेट ने नदियों में मछली पकड़ने के लिये पट्टा या ठेका दिये जाने के लिये नीति अनुमोदित की है

इस नीति के तहत मछ्आरा समुदाय के लोगों को प्राथमिकता दी जायेगी और अगर किसी इलाके में इस समुदाय से जुड़े लोग नहीं हैं तो वहां अन्य जातियों के गरीब लोगों को इसका लाभ दिया जायेगा कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण एवं डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो के लिये खनन क्षेत्रों को आरक्षित करने संबंधी प्रस्ताव भी पास हो गया बैठक में नोएडा अथारिटी की चल और अचल सम्पत्तियों को सुपर स्पेशियलिटी बाल चिकित्सालय एवं स्नातकोत्तर शिक्षण संस्थान नोएडा को हस्तांतरित किये जाने का निर्णय लिया गया साथ ही कैबिनेट ने उत्तर प्रदेश के विधानसभा सत्र के सत्रावसान को भी अपनी मंजूरी दे दी लोकसभा में कल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए एक सौ चौंबीसवां संविधान संशोधन विघेयक पांच घंटे की चर्चा के बाद पारित हो गया

लोकसभा में सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को नौकरियों में सीधी भर्ती और उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश में दस प्रतिशत आरक्षण देने के लिए संविधान संशोधन विधेयक पर चर्चा में विधेयक पेश करते हुए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थाकरचंद गहलोत ने कहा कि विधेयक का उद्देश्य ऊंची जातियों में आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को समान अवसर प्रदान करना है

चर्चा शुरू करते हुए कांग्रेस के के वी थॉमस ने कहा कि उनकी पार्टी इस कोटे के खिलाफ नहीं है और इसका समर्थन करती है लेकिन जिस ढंग से इसे लाया गया है उससे सरकार की ईमानदारी पर कई प्रस्न खड़े होते हैं उन्होंने विवेयक को संयुक्त संसदीय समिति को भेजे जाने की मांग की चर्चा में हस्तक्षेप करते हुए वित्तमंत्री अरूण जेटली ने कहा कि यह सभी को सामान अवसर प्रदान करने का प्रयास है तथा यह सबका साथ सबका विकास सुनिश्चित करेगा केन्द्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी प्रमुख राम विलास पासवान ने कहा कि यह मांग लंबे समय से आ रही थी जिसे एनडीए सरकार ने पूरा किया है तृणमूल कांप्रेस के सुदीप बंदोपाध्याय शिव सेना के आनंद राव अदसूल और बीजू जनता दल के भर्तहरि महताब ने भी विधेयक का सम्थन किया मार्कसवादी कम्युनिस्ट पार्टी के जितेन्द्र चौधरी ने कहा कि उनकी पार्टी सैद्वांतिक रूप से विधेयक के पक्ष में है लेकिन इसे संयुक्त संसदीय समिति को भेजा जाना चाहिए लोकसभा में देर शाम तक चली चर्चा के बाद विधेयक के पक्ष में तीन सौ तेईस और विरोध में केवल तीन वोट पड़े

निजी एफएम चौनल इस साल इक्कतीस मई तक प्रयोग के तौर पर बिना किसी शुल्क के आकाशवाणी के समाचारों का प्रसारण कर सकेंगे इस अवसर पर श्री राठौड़ ने कहा कि एक जागरूक नागरिक सशक्त नागरिक होता है और इस कदम से देश के सभी रेडियो स्टेशन उसे सूचना और शिक्षा के माध्यम से सशक्त बना पाएंगे प्राथमिकता सरकार की ये है कि अवेयरनेस को प्रसार भारती का खुद का मेंडेट ये ही है कि हम अवेयरनेस क्रियेट करे और सैकेंडरी हो जाता है कि रेवेन्यू जनरेशन या रिसोर्स जनरेशन तो अब हमने इसको फ्री ऑफ कोस्ट अवेलेबल कराया है ताकि इसमें कोई विलंब न हो कोई देरी न हो और एक नागरिक के पास जो खबर देश में हो रही है वो वहां तक पहंच सके प्रसार भारती के अध्यक्ष ए सूर्यप्रकाश ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि आज का युग सहयोग और साझेदारी का है और यह पहल इसका बेहतरीन उदाहरण है भारतीय रेडियो ऑपरेटर्स एसोसिएशन की प्रमुख अनुराधा प्रसाद ने निजी रेडियो प्रसारको द्वारा इस प्रसारण की लम्बे समय से चली आ रही मांग को पूरा करने के लिए सरकार का धन्यवाद किया आकाशवाणी समाचार की महानिदेशक ईरा जोशी ने इसे लीक से हटकर और ऐतिहासिक क्षण बताया

मंत्रालय ने निर्णय किया प्राइवेट रेडियो एफएम चौनल्स के प्रमीशन होत्डर्स को एथाईआर की न्यूज ब्लेटिन साझा करने की इजाजत होगी जो भी निजी प्रसारक आकाशवाणी के बुलेटिनों का प्रसारण करना चाहेगा उसे आकाशवाणी समाचार से अपना पंजीकरण कराना होगा पंजीकरण के बारे में विस्तृत जानकारी आकाशवाणी की वेबसाइट न्यूज ऑन एआईआर डॉट एनआईसी डॉट इन पर उपलब्ध है निजी एफएम चैनलों को ब्लेटिनों का प्रसारण करते समय उसके साथ प्रसारित होने वाले विज्ञापनों को भी लेना होगा प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी शशिशेखर वेम्पति ने कहा कि करीब एक सौ निजी एफएम रेडियो स्टेशनों ने आकाशवाणी समाचार बुलेटिनों के प्रसारण के लिए पंजीकरण कराया है रेडियो जो भी समाचार न्यूज उस पर चलते हैं वो आज तक सिर्फ ऑल इंडिया रेडियो के मीडियम वेब शॉर्ट वेब और एफएम चौनल पर अवेलेबल है अब ये पहली बार जो निजी एफएम चौनल है ये इन पर भी चलेगा तो ये ज्वाइंट अफर्ट है पॉयलट मॉडल में फोर डे नेक्स्ट फाइब मन्थस जिसमें हम ऑल इंडिया रेडियो की न्यूज सभी प्राइवेट एफएम चौनल्स के साथ शेयर करेगे जो भी रजिस्टर करेंगे और ये हिन्दी और इंग्लिश में बुलेटिन होंगे इस अवसर पर सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव अमित खरे आकाशवाणी के महानिदेशक फय्याज शहरयार और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित थे प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज आगरा में तीन हजार नौ सौ करोड़ रूपये की विभिन्न परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे इसके अलावा प्रधानमंत्री जिले में बहुप्रतिक्षित गंगाजल प्रोजेक्ट परियोजना का शुभारम्भ भी करेंगे इससे स्थानीय लोगों की पेयजल की समस्या द्र हो सकेगी अपने एक दिवसीय आगरा दौरे के दौरान प्रधानमंत्री जिले के कोठी मीना बाजार मैदान में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे एक रिपोर्ट हमारे लखनऊ संवाददाता से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी लगभग तीन हजार नौ सौ करोड़ की इक्कतीस विकास परियोजनओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे इन परियोजनाओं में लम्बे समय से प्रतिक्षित गंगा जल परियोजना शामिल है जो आगरा में पानी की आपूर्ति में सुधार करेगी परियोजना की लागत दो हजार आठ सौ सत्तासी करोड़ रूपये है इससे यहां के निवासियों और पर्यटकों दोनों को लाभ मिलेगा यह समाज के कमजोर वर्गो के लिए बेहतर स्वास्थ्य और मातृत्व देख भाल सुविधा प्रदान करेंगा मीना बाजार में एक सार्वजनिक जनसभा को भी सम्बोधित करेंगे

इस बीच प्रदेश के ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा ने प्रयागराज का दौरा कर कुम मेला स्थल की तैयारियों का जायजा लिया उन्होंने ऊर्जा विभाग द्वारा कराये गये कार्यो का मौके पर निरीक्षण भी किया